उन्होंने लोगों से मास्क लगाने दो गज की दूरी बनाये रखने और हाथ धोने की अपील की

शहीद सैन्यकर्मियों के परिजनों की दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाकर पचास लाख रूपये की गई प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक आठ हजार नौ सौ चार लोग स्वस्थ हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के दो सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है इक्कीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो काफ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवन और आजीविका बचाने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों की पहचान करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि हाल के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के अनेक संकेत अब दिखाई देने लगे हैं जो भविष्य के लिए उत्साहजनक हैं श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे संकट को अवसर में बदलें श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समय पर किए गये फैसलों और सक्रियता से की गई कार्रवाई से देश कोविड नाइन्टीन की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों में विदेश से हजारों भारतीय स्वदेश लौटे हैं और सैकड़ों प्रवासी मजद्र अपने गृह नगर पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के कारण किसी एक व्यक्ति की जान चले जाना भी दुखद है उन्होंने हर एक व्यक्ति से आग्रह किया कि वह मास्क का इस्तेमाल दो गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक उपायों का पालन करें थोड़ीसी भी लापरवाही ढिलाई अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा हमें इस बातका हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्थाखुलेगी हमारे दफ्तर खुलेंगेमार्कट खुलेंगे ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसरमी बनेंगे प्रधानमंत्री ने कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर पचास प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के उपायों की चर्चा कर रहे हैं श्री मोदी आज पन्द्रह राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे इनमें उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली गुजरात राजस्थान मध्यप्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक बिहार आंध्रप्रदेश हरियाणा जम्मू कश्मीर तेलगाना और ओडिसा शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को जनपद के अस्पतालों में उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रभावी प्रयास करें मूख्यमंत्री लखनऊ में लोक भवन में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण को हर हाल में रोका जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लक्षणहीन व्यक्ति को घर में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे संक्रमण के प्रसार की आशंका बनी रहती है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड उपलब्ध हैं उन्होंने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड नाइन्टीन के लक्षणरहित व्यक्ति को कोविड अस्पताल में रखते हए उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर होने वाले आवागमन को देखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं उन्होंने मेरठ मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य प्रस्तावों की मंजूरी के साथ यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यह आयोग कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वागीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये गठित किया गया है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने तय किया है कि श्रमिक और कामगार चाहे प्रवासी हों या निवासी हमारे समाज के अल्प सुविधा प्राप्त इस वर्ग के हितों का सरक्षण प्रदेश सरकार करेगी और इसी कड़ी में इस आयोग के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर बनने वाले बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे इसमें श्रम एवं सेवायोजन मंत्री संयोजक होंगे औद्योगिक विकास मंत्री और एमएसएमई मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री पंचायत राज मंत्री और नगर विकास मंत्री इसके सदस्य होंगे एक अन्य प्रस्ताव में प्रदेश के मूल निवासी केन्द्रीय अर्द्व सैन्य बलों तथा प्रदेश में रह रहे भारतीय सेना के शहीद होने वाले परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि पच्चीस लाख से बढ़ाकर पचास लाख रूपये करने का भी निर्णय लिया गया प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से दो सौ चौरानबे लोग स्वस्थ हुए हैं जिसके बाद राज्य में अब तक बीमारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या आठ हजार नौ सौ चार हो गई है कल अटठारह लोगों की मृत्यु हुई जिसके बाद राज्य में अब तक मृतकों की कुल संख्या चार सौ पैंतीस हो गई है प्रदेश में फिलहाल पांच हजार दो सौ उन्सठ मरीजों का उपचार चल रहा है प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोविड नाइन्टीन के पांच सौ सोलह नए मामले मिले इनमें सबसे ज्यादा सत्तावन मरीज हापुड़ जिले में मिले हैं मेरठ में तैंतालीस और गौतमबुद्ध नगर जिले में बयालीस लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हूयी है कानपुर नगर जिले में पैंतीस और बुलन्दशहर में तीस लोगों में संक्रमण मिला है इसके अलावा गाजियाबाद में सत्ताईस आगरा में बाईस भदोही में सत्रह सुल्तानपुर में पन्द्रह फिरोजाबाद में बारह बरेली में ग्यारह अमेठी में दस अलीगढ़ प्रयागराज मुजफ्फरनगर फर्रूखाबाद हमीरपुर में नौ नौ वाराणसी संभल मथुरा अमरोहा में आठ आठ देवरिया मैनपुरी में सात सात और बस्ती तथा शाहजहांपुर में छः छः लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुयी है इस बीच हमारे मुजफ्फरनगर प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में कल तैंतीस लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई जिले में अब तक एक सौ पन्द्रह संक्रमित बीमारी से ठीक हो चुके हैं कानपुर नगर जिले में भी कल पच्चीस लोग कोविड नाइन्टीन से मुक्त हुए आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डाक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में कोविड नाइन्टीन के मामले में अच्छी स्थिति में है क्योंकि इस दिशा में किए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट का मुकाबला देने में दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है मानसून फतेहपुर और बहराइच जिलों से होकर गुजर रहा है इससे पहले मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए राज्य में पहुंचा मौसम विभाग ने बताया है कि देश के पूर्वी हिस्सों में वर्षा और तेज होने की संभावना है तथा अगले दो दिनों में इस क्षेत्र में तेज से बहुत अधिक तेज वर्षा हो सकती है प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज से नियमित मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्रसारित की जायेगी आकाशवाणी लखनऊ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर प्रातः ग्यारह बजे से बारह बजे तक इसका प्रसारण होगा बच्चों के लिये बेसिक शिक्षा विभाग की मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला राज्य के आकाशवाणी के सभी बारह प्राइमरी चैनलों से प्रसारित की जायेगी दूरदर्शन लखनऊ से इसका प्रसारण प्रातः नौ से एक बजे तक किया जायेगा केन्द्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है